उन्होंने राज्यों से कहा कि वे केवल अंतिम उपाय के रूप में लॉकडाउन पर विचार करें कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लघ् नियंत्रण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की मांग बढी है और केंद्र और राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सभी जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने एक संदेश में कहा है कि प्रदेश में इस साल कोरोना संक्रमण पिछले वर्ष के मुकाबले बड़ी तेज़ी से फैल रहा है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शनिवार व रविवार को बाजार प्ररी तरह बंद रहेंगे सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी सभी सरकारी कार्यालयों को शनिवार और रविवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है

दूसरी ओर प्रदेश उच्च न्यायालय में भी आज से आगामी आदेशों तक ऑनलाईन माध्यम से मामलों की सुनवाई होगी आवश्यक मामलों में ही व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की जायेगी इस दौरान स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पहली मई तक बंद रहेंगे रामनवमी का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह पर्व भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनायें दी हैं राज्यपाल ने कहा कि यह पर्व हम सभी को जीवन में अच्छाई के साथ निरन्तर आगे बढ़ने ओर मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देता है वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर लोगों के जीवन में प्रसन्नता शांति और खुशहाली की कामना की प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लगाये गए नए प्रतिबंधों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में शनिवार और रविवार को बाजार बंद सरकारी दफ़तरों में अब फाईव डे वीक

दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में वीकेंड पर सख्त पाबंदियां शनिवार रविवार को सभी सरकारी कार्यालय व व्यवसायिक परिसर रहेंगे बंद

अजीत समाचार के अनुसार नवरात्रों के बाद मंदिर बंद

दैनिक भास्कर लिखता है बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को मई में चौथी दाल मिलेगी फी इसी अखबार की एक अन्य खबर है मंडी हेलीपोर्ट पर होगी मई में पहली लैडिंग